नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी तरह का खतरा या उस पर शंका करना बेबुनियाद है उन्होंने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी

ये दिन महा परिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है देश सहित प्रदेश में भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजधानी शिमला के अम्बेडकर चौक में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और आदर्श देश के करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी संविधान निर्माता को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि समाज सुधार के उनके कार्य आज भी हमें आपसी एकता व समृद्व संस्कृति से मज़बूती से जोड़े हुए है महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय शिमला में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया

उन्होंने इसके लिए गूगल कम्पनी का आभार जताया है उन्होंने कहा कि कांगड़ा मण्डी और महासुवी की बोलियों को गूगल की बोर्ड में शामिल करने से इन बोलियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है किशन कपूर ने कहा कि हिमाचली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयास को गूगल के इस निर्णय से लाभ पहुंचेगा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने पुलिस व दमकल टीम के साथ राहत कार्य शुरू किया इस अग्निकाण्ड में जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन को प्रभवित परिवारों को तुरंत फौरी राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि शिमला ज़िले में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और चुनाव होने से संक्रमण फैलने की आशंका है रोहित ठाकुर ने कहा कि यदि चुनाव को टालने को लेकर कोई संवैधानिक समस्या आ रही है तो प्रदेश सरकार को इस मुद्दे को केन्द्र सरकार के समक्ष गम्भीरता से उठाना चाहिए अजय शर्मा एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जंगलरोपा में आज क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अजय शर्मा ने कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया है और धर्मशाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाकर इतिहास कायम किया है